वित्तमंत्री ने कहा कि इससे सोलह सौ अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा हो सकेगा इससे निर्माणकर्ताओं को काफी राहत मिलेगी और वे खरीदारों को सही समय पर मकान उपलब्ध करा सकेंगे साथ ही मध्यम वर्गीय खरीदारों को भी फायदा होगा वित्तमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डाक और टेलीग्राफ भवन निर्माण सेवा समूह क की संवर्ग समीक्षा को भी मंजूरी दे दी है इस मंजूरी से दूरसंचार और डाक विभागों के मुख्यालयों और क्षेत्रीय ईकाइयों दोनों में संवर्ग की स्थिति मजबूत होगी लोधी स्थगन जबलपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता प्रहलाद लोधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है

भोपाल की विशेष अदालत द्वारा हाल ही में एक मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी लोधी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी

उन्होंने कल भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें श्री राजपूत ने सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने और बीआरएस के इच्छुक कर्मचारियों से प्राप्त प्रस्ताव शासन के समक्ष रखने के निर्देश भी दिये हैं सड़क हादसा दतिया में आज सुबह ट्रेक्टर ट्रॉली के पलट जाने से दो किसानों की मौत हो गई और पांच किसान घायल हुए हैं

वे गन्ना बेचने झांसी जा रहे थे तभी ट्रेक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ घायलों को दतिया जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया

सेना भर्ती रैली सेना में भर्ती के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान पर आज से भर्ती रैली शुरू की गई

भोपाल स्थित सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य टेक्निकल नर्सिंग सोल्जर क्लर्क सोल्जर ट्रेडमेन सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिए यह भर्ती की जा रही है कालिदास समारोह अखिल भारतीय कालिदास समारोह कल से उज्जैन में शुरू होगा

यह यात्रा उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गो से स्थानीय निवासियों को पीले चावल बांटते हुए कालिदास अकादमी परिसर पहुंचेगी मौसम प्रदेश में मानसून की विदाई और सर्दी की दस्तक के बाद भी मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है झाबुआ और आसपास के इलाकों में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है जिससे नदी नालोंएक बार फिर उफान पर हैं मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावाना है वहीं श्योपुर जिले में भी तेज बारिश के चलते धान की फसल को नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने यहां दो दिन तक बारिश की संभावना जताई है